विधानसभा सत्र राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज कोरोना संक्रमण को देखते हए निर्धारित मानकों के अन्रूप आज सुबह शुरू हई सदन में विधायी कार्यो के निष्पादन के साथ ही मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया सदन की कार्यवाही श्रू होते ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब म्खर्जी पूर्व विधायक स्वर्गीय बजमोहन कोटवाल और स्वर्गीय नारायण सिंह भैंसोड़ा को श्रद्धांजलि दी गई सदन में आज विभिन्न विधायी कार्य निपटाए गए जिसके तहत कई विधेयकों को मंजूरी दी गई एक दिवसीय मानसून सत्र में विपक्ष के शोर शराबे के बीच महालेखाकार की रिपोर्ट और प्रत्यावेदन पेश किये गए साथ ही क्छ रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई इस बीच सदन में आज कोरोना संक्रमण के साथ ही कानुन व्यवस्था और रोजगार को लेकर चर्चा की गई सदन की कार्यवाही अपराहन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदन में प्रश्नकाल नहीं हुआ सदन में आज की कार्यवाही के बारे में संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को जानकारी दी

श्रम विधेयक संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था

विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष क्मार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के ज़रिये श्रमिकों के हितों पर द्रगामी असर होंगे उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए विधेयकों में कई प्रावधान किए गए हैं बारिश चंपावत चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार देर रात से आज सुबह तक लगातार बारिश हुई जिससे टनकप्र पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो गया जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले विभिन्न सम्पर्क मार्ग भी बंद हो गए सड़कों को खोलने की कार्रवाई की जा रही है बारिश से मैदानी क्षेत्रों में धान की खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है

कल वीपियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ उन्होंने राज्य में जल जीवन मिशन के तहत संचालित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की राज्य में योजना के तहत एक रुपये में पेयजल कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था के लिये उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना की उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तराखण् मॉ ल स्टेट बन सकता है

इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक तंत्र विकसित करने के साथ ही कार्य अवधि बढ़ा कर कार्य करने को कहा गया है प्रशासक नियुक्त राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गये पदों पर उप निर्वाचन होने तक प्रधान ग्राम पंचायत के दायित्वों के कार्य के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है राज्य के सभी जिलों में जहां ग्राम पंचायत के दो तिहाई सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ है वहां संबंधित जिले के जिलाधिकारी प्रधान ग्राम पंचायत के दायित्वों को करने के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे

बाराकोट की ग्राम पंचायत संगरखाल और नदेड़ा में प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पद पर विजय सिंह वर्मा को प्रशासक नियुक्त किया गया है वॉयस गन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को जंगली जानवरों की समस्या से जल्द छटकारा मिल सकता है अल्मोड़ा के पपरशैली गांव के रविन्द्र तिवारी ने घर पर बेकार पड़े पी वी सी पाइप से एक वॉयस गन बनाई है

रविन्द्र तिवारी का कहना है कि इस गन के पीछे होल किया गया है जिसमें एक कार्बाइट का ट्कड़ा और थोड़ा पानी शाल कर घरेलू गैस लाइटर से स्पार्क कर फायर किया जाता है मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह का कहना है कि विभाग के माध्यम से इस वॉयस गन को अन्य किसानों तक पहंचाया जाएगा

अदालत ने यह भी पूछा है कि कितने स्टोन क्रशर मानकों का पालन करते हैं और कितने अवैध ांग से संचालित हो रहे हैं सरकार और राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्थ को इस मामले में अगले महीने आठ तारीख तक जवाब दाखिल करना है